सुबह आठ बजे से मतदान प्रकिया शुरू हुई दोपहर एक बजे तक वोट डाले जा सकेंगे पुलिस और प्रषासन ने मतदान शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किये हैं विष्वविद्यालयों और कॉलेज परिसर के आस पास पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है विष्वविद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों के अतिरिक्त बाहरी लोगों के प्रवेष पर रोक लगा दी गयी है

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा आज जालौर जिले में प्रवेश करेंगी मुख्यमंत्री जसवंतप्रा में सुधा माता के दर्शन करने के बाद बागरा और बिशनगढ में आमसभाओं को संबोधित करेंगी इससे पहले कल शाम गौरव यात्रा सिरोही जिले में पहुंची इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर गौरव यात्रा का स्वागत किया गया

उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में कालाबाजारी पर रोक लगी है

विधि आयोग ने केन्द्र सरकार को कल सौंपी मसौदा रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है आयोग ने कहा है कि देश में लगातार चुनाव प्रक्रिया से बचने का एकमात्र समाधान यही है आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने के लिए संविधान और चुनाव कानून में बदलाव की सिफारिश की है रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव से सरकारी धन बचेगा प्रशासन तथा सुरक्षा बलों पर बोझ कम पड़ेगा और सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सकेगा इसके साथ ही विधि आयोग ने यह भी कहा है कि संविधान के मौजूदा ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है राजस्थान उच्च न्यायालय में आज सुबह दस बजे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग चार अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएंगे

उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने ये जानकारी दी

ये प्रस्कार राज्य स्तरीय समारोह में वितरित किए जायेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे के अधीन अजमेर मंडल के यात्री भी अब स्मार्ट फोन से अनारक्षित टिकट बुक कर सकेंगे और अब उन्हें गाड़ी छूटने का डर भी नहीं रहेगा मंडल की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि डिजिटीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए और नगदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रेल प्रबंधन तेजी से आध्रनिक तकनीक अपना रहा है

इसके लिए रेल सूचना प्रणाली केंद्र ने मोबाइल आधारित एपलिकेशन विकसित किया है

सहायक राज्य संगठन आयुक्त ने बताया कि अधिवेशन में स्काउट गाइड क्षेत्र में विशेष उपलब्धि प्राप्त और उच्च योग्यता प्राप्त स्काउट्स और गाइड्स को सम्मानित किया जायेगा सीकर जिले के नीमकाथाना श्रीमाधोपुर खण्डेला कांवट और आस पास के इलाकों में कल रात भूकंप के झटके महसूस किये गये जानमाल के नुकसार की कोई खबर नहीं है

ये पांचों पदक एथलेटिक्स में हासिल हुए महिलाओं की चार गुणा चार सौ मीटर रिले में भारत ने स्वर्ण पदक जीता पुरूषों की चार गुणा चार सौ मीटर रिले में भारतीय टीम को रजत पदक मिला